निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली है

इस चरण में दो करोड़ सैतालीस लाख से अधिक मतदाता एक सौ बयासी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से प्रदेश के तराई और अवध बुन्देलखंड में फैले जिन क्षेत्रों में कल वोट डाले जायेंगे वे हैं धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनउ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोंडा इनमें से चार सीटें अनुसूवित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरिक्षत हैं

सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार चूनाव मैदान में उतारे हैं

प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनउ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा नेता स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस नेता और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से कांग्रेस के जितिन प्रसाद धौरहरा से और पार्टी के पूर्व राज्य प्रमुख निर्मल खत्री फैजाबाद से चुनाव मैदान में हैं

अमेरी और रायबरेली सीटों को छोड़कर सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है

मतदान वाले जिलों से जुड़े दूसरे राज्यों व जिलों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गयी है मतदान सामग्रियों के साथ पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य मतदान केन्द्रों पर पहुंचने लगी हैं

हमारे फैजाबाद प्रतिनिधि की रिपोर्ट फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गयी है

राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या प्रदेश की चर्चित अमेठी संसदीय सीट पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं

हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट डिस्पैच अमेठी लोकसभा क्षेत्र के मतदान के लिए नवोदय विद्यालय गौरीगंज से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं

गड़बड़ी की स्थिति में सीधे गोली मारने के आदेश जारी किए गये है आकाशवाणी समाचार के लिए अमेठी से मैं दर्शन साहू लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और जनसभाएं कर मतदाताओं को रिझाने को प्रयास में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कारपेट नगरी भदोही के औराई क्षेत्र के माधौपुर गांव में भाजपा विजय संकल्प रैली को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा ने हमेशा लोगों को जाति के नाम पर बांटा और अपने परिवार का विकास किया इनके जितने बड़े चेहरे हैं आज वो कैसी अलीशान जिंदगी जी रहे हैं बाइट पीएम कांग्रेस सपा बसपा ने हमेशा लोगों को आपस में जात पात पन्थ के नाम पर भिड़ाया सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है इन पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं कुछ दशक पहले उनकी स्थिति क्या थी याद रखिये आज वो कैसी आलीशान जिंदगी जी रहे ये भी देखते रहिये श्री मोदी ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह दोनों दल कभी एक दूसर के कट्टर विरोधी हुआ करते थे अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं श्री मोदी ने भदोही में पार्टी प्रत्याशी रमेश बिन्द के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि केन्द्र में दोबारा सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय व्यापारी बार्ड का गठन करेगी इसके लिए केन्द्र में अलग से एक विभाग बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि भदोही आज देश का सबसे बड़ा कालीन उत्पादक है यहां हाथ से बने कालीन की गुणवत्ता नम्बर एक है उन्होंने कहा कि बुनकरों को मेगा कारपेट कलस्टर में आधुनिक लूम दिये जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में तीन तलाक की परंपरा मुस्लिम देशों में नहीं है उन्होंने कहा कि हम भी देश की मुस्लिम बहनों को यही समान अधिकार देना चाहते हैं हमारी पार्टी का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावना का अनादर करना नहीं है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुल्तानपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता और किसानों के साथ धोखा किया है उन्होंने दो हजार चौदह में किये गये किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह होने से बचाने और देश में लोकतंत्र की साख को बनाये रखने के लिए ही सपा बसपा का महागठबंधन हुआ है उधर बसपा प्रमुख मायावती ने अम्बेडकरनगर और प्रतापगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से वोट की अपील की

शाहजहांपुर संसदीय सीट के अन्तर्गत आठ मतदान केन्द्रों और हमीरपुर व आगरा के एक एक मतदान केन्द्र पर कल पुनर्मतदान कराया जायेगा लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उन्तीस अप्रैल को इन केन्द्रों में सम्पन्न हुए चुनाव के दारान ईवीएम और वीवी पैट मशीनों में गड़बड़ी की शिकायते मिलने के बाद केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने यहां पांचवे चरण के साथ कल प्रनर्मतदान कराने का आदेश दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि प्रदेश में बसपा और सपा का गठबंधन देशहित में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ही बना है आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में सुश्री मायावती ने कहा कि भाजपा के नेता अपनी चूनावी जनसभाओं में सपा और बसपा गठबंधन के लोगों को तोड़ने के लिए भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं बाइट मायावती सपा बसपा में फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी शुरू की है ताकि बाकी के बचे तीन चरणों के चुनाव में बीजेपी अपनी कुछ इज्जत बचा सके और काफी फूट डालो राज करो की हताश नीति के तहत ही कल प्रतापगढ़ में उन्होंने बसपा व सपा के बारे में वह सब बातें कहीं जो पूरी तरह से निराधार व तथ्यहीन थी तथा उनका खास मकसद केवल जहां हमारी दोनों पार्टियों को आपस में लड़ाना व उनके समर्थकों को भ्रमित करने का ही प्रयास करना था

समाप्त